राज्य में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में कराने के होंगे प्रयास हिन्दी दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

आज लोकसभा में दिये बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग एक दशमलव छह पांच प्रतिशत है जबकि विश्व में यह तीन दशमलव दो प्रतिशत है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के समय से उठाये गये कदमों के कारण संक्रमण को देश की आबादी के प्रति दस लाख में लगभग तीन हजार तक सीमित रखा है

इनमें राजगढ़ से भाजपा सांसद रोडमल नागर भी शामिल है

पहले दिन आज यहां बाजार पूरी तरह बंद रहा

जिस पर फोन कर स्वस्थ्य संबंध जानकारी ली जा सकती है

जहां जिला चिकित्सालय में केन्द्रीकृत ऑक्सीजन प्लांट ने कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकेगी

सदन में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया भाजपा सदस्य जे पी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया

तभी से यह सिलसिला बना हुआ है हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर आज अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल के नए भवन का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिन्दी में प्रारंभ करने और अभियांत्रिकी की हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों को मान्यता के संबंध में प्रयास किए जाएंगे उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व में भी हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे वहीं श्रीमती पटेल ने नए भवन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ ईट चूने से बनी इमारत नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के भावी जिंदगी के निर्माण का केंद्र है प्रदेश के सभी जिलों में भी हिन्दी दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किये गये झाबुआ में ऑनलाइन हिन्दी कविता पाठ का आयोजन किया गया देवास गुना और खंडवा में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए

रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी रायसेन में इन पर्चियों का वितरण करेंगे वहीं देवास में पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर खाद्यान्न पर्ची का वितरण करेगी खंडवा और अशोकनगर में भी जिला पंचायत और वार्ड स्तर पर पात्रता पर्ची का वितरण किया जायेगा

सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है

सीधी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पटपरा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया उधर उमरिया जिले मे बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने नगरपरिषद नौरोजाबाद मे सेवा सप्ताह का शुभारंभ साफ सफाई कर किया शिवपुरी में भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है वहीं सतना में पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक किया

मौसम राजधनी भोपाल में दोपहर बाद बादल छाये रहे वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली

उधर बैतूल जिले में कई हिस्सों में रूक रूककर बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने इंदौर धार बुरहानपुर खंडवा खरगोन बैतूल और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार बीमा के अतिरिक्त प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी

अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जानी है झाबुआ कलेक्टर ने शहर में पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल तैयार कराने के निर्देश दिये है